जिले में विधायक नीरज शर्मा और तिगांव से पूर्व विधायक ललित नागर ने भी अपने कोरोना संक्रमित होने की खबर दी है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस समिति में हिसार के सांसद बुजेन्द्र सिंह क्रूक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी और भिवानी के सांसद धर्मबीर सिंह शामि हैं

यह समिति रविवार को पंचकूला में किसानों से मुलाकात करेगी

केन्द्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने एक टवीट में कहा है कि कोरोना वायरस से बुजुर्गो को प्रभावित होने के जोखिम को देखते हए यह फैसला लिया गया है

उन्होंने कहा कि इस दौरान उनकी पेंशन निर्विघ्न मिलती रहेगी

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चण्डीगढ में बताया कि स्वीकृत किए गए इन पांच पदों में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक और बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एक एक पद और सफाई कर्मचारी के दो पद शामिल हैं उन्होंने बताया कि इन पदो के वेतनमान राज्य सरकार के नवीनतम संशोधित या अनुमोदित वेतनमान के अनुसार होंगे

उन्होंने बताया कि इन पदों के सुजन पर होने वाले खर्च को विभाग द्वारा अपने स्वीकृत बजट से वहन किया जायेगा

राज्य मंत्री अग्रोहा के राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश प्रकिया का शुभारंभ करते हुए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कई गांवों में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उदघाटन व शिलान्यास भी किया उन्होंने अग्रोहा के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के एक खण्ड में राजकीय महाविद्यालय के एक खण्ड में राजकीय महाविद्यालय के लिए कक्षाओं में प्रवेश का शुभारंभ करते हए कहा कि विधायक बनने के बाद अग्रोहा में राजकीय महाविद्यालय बस अडडे और उप तहसील बनवाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल था

हरियाणा के विद्युत और नवीन वं नवीकरणीय उर्जा मंत्री रंजीत सिंह ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सर्वाधिक अंक हासिल कर शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली प्रदेश की अनुज नेहरा और संगीता रातराघव को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है एक ट्वीट के माध्यम से बिजली मंत्री ने कहा कि दोनो बेटियों ने यह सफलता हासिल कर प्रदेश का मान बढाया है और कहा कि इनके बेहतरीन प्रदर्शन से प्रदेश की अन्य बेटियों को भी आगे बढने की प्रेरणा मिलेगी उधर गुरूग्राम के न्यू शांति नगर की रहने वाली संगीता राघव के परिवार में खुशी का माहौल है संगीता ने कहा कि योग और ध्यान से जुडकर उन्होंने खुद में आश्चर्यजनक बदलाव महसूस किए और उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करने में आसानी हुई उन्होंने कहा कि अधिकारी के रूप में उन्हें जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे वे ईमानदारी के साथ निभायेंगी केन्द्र सरकार की लघु खेल केन्द्र योजना के तहत नये खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए इन लघु खेल केन्द्रों का संचालतन पूर्व चैंपियन खिलाडियों के मायम से किया जायेगा

इसमें फुटबॉल को भी शामिल करने की योजना है

प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सम्प्रीत कौर ने बताया कि ई लोक अदात में बैंक रिकवरी सिविल दीवानी आपराधिक एवं वैवाहिक विवादों का निपटारा किया जायेगा

इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं घायलों को पीजीआई चण्डीगढ में भर्ती किया गया पुलिस के अनुसार ये लोग खरड़ से अंबाला छावनी आ रहे थे पुलिस ने अज्ञात बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है